प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े चिकित्सकों नर्सों स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है उन्होंन कहा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या दो वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ को पार कर गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ इसका सहज सुलभ होना है उन्होंने कहा कि इसके लाभार्थी देश के सभी भागों में उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं भले ही उनका पंजीकरण किसी भी जगह हुआ हो उन्होंने कहा कि इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पंजीकरण अपने निवास स्थान पर कराया हो लेकिन वे काम करने के लिए देश के अन्य भागों में चले गए हों सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है

उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए यह सबसे बडी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी कामगारों की सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी के लिए केन्द्र तथा प्रदेश सरकार ने निःशुल्क ट्रेन तथा बस की व्यवस्था की है उन्होंने प्रवासी कामगारों से पैदल अथवा असुरक्षित वाहनों से यात्रा न करने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षित यात्रा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने सभी प्रबन्ध किय हैं

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सभी मण्डलायुक्त अपने अपने मण्डल में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आगमन और प्रवासी कामगारों को बस द्वारा उनके गृह जनपद भेजे जाने की व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्वारंटीन सेंटरों और सामुदायिक रसोई में सफाई और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध किये जायें

श्री योगी ने कहा कि कृषि स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रदेश में नई स्टार्ट अप नीति आ रही है जिससे हम अपने यूवाओं को स्टार्ट अप के लिए प्रेरित कर सकते हैं

नए दिशा निर्देशों में रेड जोन और कंटनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में फैक्ट्रियां औद्योगिक गतिविधियां और दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है इसके कार्यान्वयन के बारे में जिला स्तर पर फैसला लिया जाएगा

इस बीच गाजियाबाद के जिला अधीक्षक ने दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए स्थानीय कारोबारियों और व्यापारियों के साथ चर्चा के लिए बैठक की गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोरोना से संबंधित नये दिशानिर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार दिल्ली और नोएडा के बीच वाहनों की आवाजाही के लिए लागू मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी जिले में शाम सात बजे से सुबह सात के बीच यातायात प्रतिबंधित रहेगा लेकिन आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को चलने की अनुमति होगी

डिस्पैच चिकित्सा सेतु ऐप देश में अपनी तरह का अनूठा एप्लीकेशन है और इसे राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने तैयार किया है

ये वेवनार को आयोजित करने में भी सहायक है राज्य सरकार ने इससे पहले आयुष कवच कोविड ऐप आयुर्वेद के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किया था जिसकी मदद से लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं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

ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी

रेलमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण करके उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें ताकि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें

अब तक दो हजार नौ सौ अट्ठारह लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है इस महामारी से अब तक प्रदेश में एक सौ तेईस लोगों की मौत हुई है प्रदेश मे अब तक संकमण के कुल चार हजार नौ सौ छियानवे मामले सामने आये है इटावा जिले के बकेवर कस्बे से खरीददारी करने आ रहे व्यापारियों के वाहन से ट्रक की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गयी और एक व्यक्ति घायल हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुःख जताते हुए मृतकों के परिजनो को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया कल रात हुई इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं

अब तक बयालीस हजार दो सौ अट्ठानवे रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चूके हैं

देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख छह हजार सात सौ पचास हो गई है इस महामारी से अब तक तीन हजार तीन सौ तीन लोगों की मौत हुई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ चालीस लोगों की मौत हुई

एयर इंडिया का विशेष विमान काठमांडु से दिल्ली पहुंच गया है हवाई अड्डे पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें विमान में बैठने की अनुमति दी गई इनमें छात्र वरिष्ठ नागरिक गर्भवती महिलाएं और बच्चे शामिल हैं अधिकांश यात्री दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब के हैं

इस कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के प्रमुख डॉ अनंत मोहन ने लोगों को डॉक्टरों की सलाह के बिना हाइडोक्सीक्लोरोक्वीन या एंटी मलेरिया जैसी दवा नहीं लेने की सलाह दी है एम्स के वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जेसिन्ता गुंज्याल ने संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है विभिन्न माध्यमों से फैलाइ जा रही फेक न्यूज यानी भ्रामक समाचारों के बारे में श्रोताओं को सही जानकारी देने के प्रयास में इस खंड में हम आपको असलियत की जानकारी देते हैं सोशल मीडिया पर इन दिनों एक संदेश प्रचारित किया जा रहा है जिसमें एक महिला एक छोटे बच्चे को साथ लेकर रेल के डिब्बों में यात्रा करती दिखाई गई है इसके साथ दिए गए संदेश में कहा गया है कि यह महिला प्रवासी है और अपने घर वापस जाने का प्रयास कर रही है